प्रदेश कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले दो विधायकों को जारी किया नोटिस सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर घायल प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा होंगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपूर के नए कलपति बिजली नई दर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं घरेलू बिजली के कीमतों में इस बार मामूली केटौती की गई है वहीं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली की कीमतों को यथावत् रखा गया है नई दरें आगामी एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नई बिजली दरों में शासकीय अस्पताल को छोड़कर सभी दूसरे अस्पताल और क्लीनिकों को उनके विद्युत देयकों में पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी वहीं बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के चार्जिंग सेंटर को गैर घरेलू श्रेणी में रखा गया है आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू और कृषि के साथ ही सरगुजा बस्तर विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत शामिल निम्न दाब उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा विकास से जुड़े उद्योगों को इस बार भी रियायती दर पर बिजली दी जाएगी घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें यथावत रहेंगी सिंचाई के लिए पहले कनेक्शन के बाद अन्य सभी सिंचाई पम्पों द्वारा खपत की गई विद्यत के ऊर्जा प्रभार पर दस प्रतिशत की छूट जारी रहेगी इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को भी ऊर्जा प्रभार में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बेमेतरा बालोद और धमतरी जिले का दौरा किया बाद में उन्होंने कांकेर में समीक्षा बैठक भी ली डॉक्टर सिंह बेमेतरा जिले के ग्राम तेंद्भाठा बालोद के ग्राम भंडेरा और धमतरी जिले के जोरातराई में आयोजित समाधान शिविरों में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बन रहे मकानों की जानकारी ली और तालाब का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने तेंद्भाठा और काचरी में सीसी रोड निर्माण के लिए दस दस लाख रूपये और तालाब गहरीकरण कार्य के लिए पंद्रह लाख रूपये की मंजूरी दी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण की राशि बकाया होने की शिकायत पर उसका भूगतान एक महीने के भीतर किए जाने निर्देश अधिकारियों को दिए इसी तरह राशन दुकान के हमेशा बंद रहने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की कांग्रेस विधायक नोटिस प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले दो विधायकों आर के राय और सियाराम कौशिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है दोनों ही निलंबित विधायकों से पार्टी ने सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है यह नोटिस राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर जारी किया गया है पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि जवाब आने के बाद रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी जाएगी विस्फोट जवान घायल सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर घायल हो गया मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कोंडासावली में सड़क निर्माण की सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया था इसी दौरान माओवादियों ने एंबुश लगाकर जवानों को निशाना बनाने हुए एक आईईडी विस्फोट कर दिया जिससे सीआरपीएफ की दो सौ इकत्तीसवीं बटालियन का एक इंस्पेक्टर घायल हो गया घायल इंस्पेक्टर को दंतेवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बीच बीजापुर जिले से सुरक्षा बलों ने एक स्थायी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है जिले के जांगला थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी इसी दौरान जैवारम के जंगल में घेराबंदी कर इस माओवादी को पकड़ा गया

आयोग ने इन दोनों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है गौरतलब है कि हाल ही में मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार चौदह में माओवादी हमले में घायल जवान मनोज तोमर कथित रूप से पिछले चार साल से अपनी कमर में बंधे पॉलीथिन बैग में अपनी अतड़ियों को रखे दर दर इलाज के लिए भटक रहा है आरोप है कि वह नई दिल्ली स्थित एम्स के भी कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे सही इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया शिक्षाकर्मी चेतावनी प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने संविलियन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज विभिन्न जिलों में कलेक्टरों से मुलाकात की शिक्षाकर्मियों ने आगामी दो अप्रैल तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर के शिक्षाकर्मी संविलियन सहित अपनी नौ सुत्रीय मांगों को लेकर बीते नवंबर दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे इस दौरान उनकी मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी बनाई है अस्पताल एनआरडीए नया रायपुर में कैंसर का नया अस्पताल बालको मेडिकल रिसर्च सेंटर अस्पताल के लिए आवंटित जमीन को लेकर उठ रहे विवाद पर नया रायपुर विकास प्राधिकरण एनआरडीए ने स्थिति स्पष्ट की है प्राधिकरण के महाप्रबंधक महादेव कावरे ने बताया कि एमओयू निरस्त होने के बाद वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के आधार पर आवंटित भूमि के लिए अस्पताल प्रबंधन से पूरी राशि ली जा रही है और उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई है अन्य संस्थानों के लिए भी नया रायपुर में इसी दर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए भूमि उपलब्ध है श्री कावरे ने यह भी बताया कि कैंसर अस्पताल को नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर ही संचालित किया जाएगा

वे कुलपति एसके पांडेय का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है राज्यपाल और कुलाधिपति बलरामजी दास टंडन की मुहर के बाद उनके सचिव सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने श्री वर्मा की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया है प्रोफेसर श्री वर्मा वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के साहित्य तथा भाषा अध्ययन शाला में प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं एसीबी रिमांड एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में आए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक वीरेन्द्र जैन को आज एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया गया है एसीबी की टीम अब आरोपी से पुछताछ करेगी उल्लेखनीय है कि आरोपी अफसर ने एक कारोबारी से बिल पास करने के नाम पर एक लाख पंद्रह हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी इसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने परसों आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था

राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है संस्कृति विभाग ने हिन्दी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि तथा दीर्घ साधना के आधार पर विशिष्ट योगदान देने वालों के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की है उल्लेखनीय है कि संस्कृति विभाग द्वारा इसी साल किशोर साहू सम्मान की शुरूआत की गई है और पहला किशोर साहू सम्मान मनोज वर्मा को देने का निर्णय लिया गया है संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरे एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि बीस अन्य व्यक्ति घायल हो गए जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई गई है प्रदेशव्यापी किशोरी स्वास्थ्य और माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत कल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है